मधेप्रा के मुरलीगंज में तेईस सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी

निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी और मध्य हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण पश्चिम चम्पारण कटिहार किशनगंज और अररिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है इन क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान छह से बीस सेंटीमीटर तक बारिश का अनुमान है वहीं कल और परसों पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सुपौल मधेपुरा सहरसा अररिया किशनगंज पूर्णियां कटिहार मध्रबनी दरभंगा शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वैशाली भागलपुर सीवान सारण और गोपालगंज में भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है इन जिलों के कई हिस्सों में इक्कीस सेंटीमीटर से अधिक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है शनिवार को पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज मधेप्रा भागलपुर कटिहार और पूर्णियां में भारी से बहुत भारी बारिश जबकि सीवान सारण सहरसा समस्तीपुर खगड़िया और बांका में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है रविवार को मुजफ्फरपुर दरभंगा समस्तीपुर खगड़िया भागलपुर बांका किशनगंज अररिया पूर्णियां और कटिहार जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक तेईस सेंटीमीटर बारिश मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में रिकार्ड की गयी है वहीं सुपौल फारबिसगंज चटिया दरौली और अररिया में ग्यारह से सत्रह सेंटीमीटर बारिश हुई है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि आज सुबह से ही उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है बारिश होने से लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है वहीं खेती के लिये यह बारिश काफी फायदेमंद है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर बिहार में अभी धान की रोपनी के अनुकूल स्थितियां हैं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश से कोसी गंडक बागमती महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है वहीं जिले के ढेंग ब्रिज के पास यह लाल निशान के करीब पहुंच गया है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से आधा मीटर नीचे है वहीं महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज में और गंडक नदी का गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लाल निशान के पास बना हुआ है इधर जल संसाधन विभाग ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है अभियंताओं को तटबंधों की निगरानी करने के निर्देश दिये गये हैं लोगों से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की गयी है शिवहर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण तटबंधों के दोनों ओर बाढ़ का पानी फैलने लगा है जिस कारण सैंकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गयी है पश्चिमी चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वात्मिकी नगर स्थित गंडक बराज से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिस कारण दियारा क्षेत्रों में विशेष निगरानी बरती जा रही है रतवा परमान और कनकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण अररिया जिले के सिकटी जोकीहाट और पलासी प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण से संबंधित पोक्सो अधिनियम दो हजार बारह में संशोधन किए जाने का अनुमोदन कर दिया है इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है संशोधन के तहत बच्चों के अश्लील चित्रण के लिए जुर्माने के साथ कैद की भी सजा का प्रावधान है संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों के यौन शोषण में कमी आएगी वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरूआत की स्वीकृति दे दी है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है केन्द्रीय बजट में पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के लिये पिछली बार की तुलना में साढ़े तेरह प्रतिशत से अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे के विकास विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये चार हजार पांच सौ साठ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है यह आरोप पत्र आठ हजार करोड़ रूपये के कथित धनशोधन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे में दायर किया गया है मामले की अगली सुनवाई सताईस जुलाई को होगी मीसा भारती और उनके पति पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के माध्यम से आठ हजार करोड़ के कालेधन को सफेद किया है इस मामले में ईडी मीसा भारती के दिल्ली स्थित एक फार्म हाउस को भी जब्त कर चुका है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने इस वर्ष ग्रुप सी के अड़तीस हजार से अधिक और ग्रुप डी के एक लाख तीन हजार से अधिक कर्मचारी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसमें आर्थिक द्रष्टि से कमजोर वर्गों का दस प्रतिशत कोटा शामिल हैं रेलमंत्री ने बताया कि दो हजार अठारह में ग्रूप सी के सतहत्तर हजार आठ सौ अंठावन और ग्रूप डी के तिरसठ हजार दो सौ दो कर्मचारियों की भर्ती का काम शुरू किया गया था जो इसी वर्ष अगस्त तक पूरा हो जायेगा विधानसभा में आज की कार्यवाही दोनों पालियों में सुचारू रूप से चली और रिकार्ड बावन प्रश्नों के उत्तर हुए सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने इसके लिये सभी सदस्यों का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अभी प्रदेश के मात्र एक सौ पच्चीस गांव बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं जहां बैंकिंग आउटलेट जल्द ही शुरू की जायेगी आज विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का है उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में अलग अलग बैंकों की एक हजार एक सौ सतहत्तर शाखाएं खुली हैं दानापुर सिविल कोर्ट में पेशी के लिये लाये गये एक कैदी को छुड़ाने के लिये अपराधियों ने कोर्ट परिसर में फायरिंग कर दी इस घटना में दो पुलिसकर्मियों को गोली लगी जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गयी अपराधी कैदी को लेकर भागने में सफल रहे लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के चननिया गांव के पास किउल नदी में नौका के पलट जाने से एक महिला समेत दो लोगों की डूबकर मौत हो गयी जबकि पांच अन्य लापता बताये जाते हैं गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामरेखापुर से पुलिस ने चार महिलाओं सहित छह शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है शेखपुरा नगर परिषद् के एक पार्षद पुरूषोत्तम कुमार को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मुहल्ले में आभूषण गिरवी रखने वाले एक कारोबारी से अपराधियों ने डेढ़ लाख रूपये नकद समेत भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषण लूट लिये खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरकाही गांव से पुलिस ने चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वहीं जिले के अलौली थाना क्षेत्र के संध्या टोली से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है

मधेपुरा के मुरलीगंज में तेईस सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी

निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा